लोकसभा चूनाव के पांचवे चरण में कल राज्य की पांच सीटों सीतामढ़ी मध्रबनी मुजफ्फरपुर हाजीपुर और सारण में मतदान होगा इस चरण में सत्तासी लाख से अधिक मतदाता छह महिलाओं समेत बयासी प्रत्याशियों के राजनीतिक भाग्य का फैसला करेंगे पांचवें चरण में मुजफ्फरपुर सीट पर सबसे अधिक बाईस और हाजीपुर में सबसे कम ग्यारह उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं सीतामढ़ी में बीस मधुबनी में सत्रह और सारण में बारह प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं इस चरण में जिन दिग्गजों के भाग्य का फैसला होना है उनमें भाजपा के वरिष्ठ नेता राजीव प्रताप रूढ़ी लोजपा के पश्पति कुमार पारस राजद के चंद्रिका राय और कांग्रेस के बागी निर्दलीय प्रत्याशी शकील अहमद शामिल हैं इसके अलावा राजद के अर्जुन राय जदयू के सुनील कुमार पिंटू राजद के शिवचंद्र राम भाजपा के अजय निषाद और विकासशील इंसान पार्टी के राजभूषण चौधरी भी अपनी किस्मत आजमा रहें हैं चुनाव आयोग ने इन पांच संसदीय क्षेत्रों में चुनाव के लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली है अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि इस चरण में सभी क्षेत्रों में सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक मतदान कराया जाएगा उन्होंने बताया कि स्वतंत्र निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चार हजार तीन सौ उनचास माइक्रो ऑब्जर्वर को तैनात किया गया है वहीं चार सौ स्थानों से वेबकास्टिंग की व्यवस्था रहेगी श्री सिंह ने बताया कि वैशाली और सारण के दियारा इलाके में घुड़सवार दस्तों और नाव से गश्त की जाएगी वहीं सुरक्षा के मद्देनजर सीतामढ़ी और मध्बनी में नेपाल से लगनेवाली सीमा को सील कर दिया गया है मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष ने बताया है कि इस संसदीय सीट पर सात सौ नौ ब्रथों को संवेदनशील घोषित किया गया है जहां अर्धसैनिक बल तैनात रहेंगे सीतामढ़ी जिले में कुल सत्रह आदर्श मतदान केन्द्र बनाये गये हैं जहां केवल महिला चुनाव कर्मचारियों को तैनात किया गया है वहीं दिव्यांग मतदाताओं के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है चुनाव आयोग ने कहा है कि मतदाता पहचान पत्र के अलावा अन्य ग्यारह फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों के आधार पर लोग मतदान कर सकेंगे आधार कार्ड पासपोर्ट ड्राईविंग लाइसेंस फोटोयुक्त बैंक पासबुक श्रम मंत्रालय की योजना के अंतर्गत जारी स्मार्ट कार्ड मनरेगा जॉब कार्ड स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज सरकारी पहचान पत्र और सर्विस पहचान पत्र के आधार पर भी मतदान किया जा सकता है आयोग ने स्पष्ट किया है कि फोटोयुक्त मतदाता पर्ची पहचान पत्र के रूप में मान्य नहीं होगी निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कल संबंधित संसदीय क्षेत्रों में सभी सरकारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कार्यालयों में सवैतनिक अवकाश रहेगा इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गयी है मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के लखीसराय के घोंघसा मध्य विद्यालय स्थित मतदान केंद्र संख्या तीन सौ उनतालीस और तीन सौ चालीस पर कल पुनर्मतदान होगा च्रनाव आयोग ने गड़बड़ी की शिकायत सही पाये जाने के बाद इन मतदान केंद्रों पर पुनर्मतदान का आदेश दिया है यहां चौथे चरण में उनतीस अप्रैल को मतदान हुआ था कांग्रेस नेतृत्व ने पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते पार्टी नेता डाक्टर शकील अहमद और विधायक भावना झा को निलंबित कर दिया है डाक्टर शकील अहमद मध्रबनी संसदीय सीट से महागठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड रहे हैं जिसके चलते उन पर कार्रवाई की गयी है कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव मोतीलाल वोरा की ओर से जारी आदेश में बताया गया है कि बेनीपट्टी से कांग्रेस विधायक भावना झा द्वारा पार्टी लाइन से हटकर श्री अहमद को समर्थन किया जा रहा है इसके चलते विधायक के खिलाफ भी कदम उठाया गया है राज्य में छठें और सातवें चरण में होने वाले चुनाव के लिए विभिन्न राजनीतिक दलों की ओर से चुनाव प्रचार चरम पर है जदयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पश्चिम चंपारण जिले के बगहा में एनडीए प्रत्याशी वैद्यनाथ महतो के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री कुमार ने कहा कि उनकी सरकार ने न्याय के साथ विकास का काम किया है जिससे समाज के सभी वर्ग के लोगों को फायदा हुआ है उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के पूर्ण सहयोग से राज्य में विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू किया गया है वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और राजद नेता राबड़ी देवी ने पटना जिले के दानापुर में महागठबंधन प्रत्याशी मीसा भारती के पक्ष में जनसंपर्क अभियान चलाया उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने वैशाली के साहेबगंज में एनडीए प्रत्याशी वीणा देवी के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया इस अवसर पर श्री मोदी ने कहा कि केन्द्र सरकार ने आतंकवादियों पर लगाम लगाकर देश का मान और सम्मान बढ़ाया है उन्होंने महागठबंधन पर केवल सत्ता पाने के लिए दुष्प्रचार का भी आरोप लगाया भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय ने पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी में एनडीए प्रत्याशी राधामोहन सिंह के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया श्री राय ने कहा कि केन्द्र की मोदी सरकार ने पिछले पांच सालों के दौरान सभी वर्ग के लोगों के विकास के लिए अनेक कार्यों को पूरा किया है वहीं पटना साहिब लोक सभा क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता और एनडीए प्रत्याशी रविशंकर प्रसाद ने कूर्जी और दीघा विधानसभा क्षेत्रों में जनसम्पर्क अभियान चलाया पूर्व केन्द्रीय मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता कलराज मिश्र ने बक्सर जिले के सिमरी प्रखंड में एनडीए प्रत्याशी अश्विनी कुमार चौबे के समर्थन में चुनावी सभा को संबोधित किया इधर भाकपा माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य ने सीवान में पार्टी प्रत्याशी अमरनाथ यादव के समर्थन में कई स्थानों पर चुनावी सभा को संबोधित किया चंपारण की दो प्रमुख सीटों वाल्मिकी नगर और पश्चिम चंपारण में इस बार रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है नेपाल की सीमा से सटे इस चुनावी क्षेत्र में एनडीए और महागठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट डिस्पैच आशीष कुमार गांधी जी की कर्म भूमि पश्चिम चंपारण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में दो बार सांसद चुने गये भाजपा के संजय जायसवाल एनडीए से प्रत्याशी हैं वहीं महागठबंधन ने रालोसपा के बृजेश कुमार कुशवाहा को उतारा है अपने पिता मदन प्रसाद जायसवाल की विरासत संभाल रहे संजय जायसवाल नौ उम्मीदवारो वाले मुकाबले में पश्चिम चंपारण से हैट्रिक लगाने का प्रयास करेंगे चंपारण में वाल्मिकीनगर की सीट दोनों गठबंधनों के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न बनी है एनडीए ने जदयू के पूर्व सांसद बैद्यनाथ प्रसाद महतो को मौका दिया है तो कांग्रेस राजनैतिक विरासत के बल पर वाल्मिकी नगर का किला फतह करने को बेताब है महागठबंधन के लिए यहां से पूर्व मुख्यमंत्री केदार पांडेय के पौत्र शाश्वत केदार चुनावी मुकाबले में है कुल तेरह उम्मीदवार अपनी चुनावी किस्मत आजमा रहे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए बेतिया से आशीष कुमार मौलाना अब्दुल जलील कासमी काज़ी ए शरियत ईमारत शरिया और मौलाना सैयद शाह मोहम्मद मिनहाजुद्दीन कादरी खानकाह मुजीबिया फुलवारी शरीफ पटना ने ऐलान किया है कि अभी तक रमजान का चांद देखे जाने की कहीं से कोई खबर नहीं मिली है इस संबंध में अगला ऐलान आकाशवाणी पटना से आज रात दस बजे प्रसारित किया जाएगा राजधानी पटना सहित पूरे राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान तापमान में वृद्धि दर्ज की गयी है आज प्रदेश का सबसे गर्म स्थान गया रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव तीन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया वहीं पटना का अधिकतम तापमान चालीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रहा मौसम विभाग ने अगले चौबीस घंटों के पूर्वानुमान में बताया है कि प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम शृष्क बना रहेगा पूर्वी चम्पारण जिले के पिपराकोठी थाना क्षेत्र में अनियंत्रित टैंकर से कुचल कर दो छात्रों की मौत के विरोध में उग्र लोगों ने थाने पर हमला कर पुलिस के कई वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया जमुई जिले के चकाई थाना क्षेत्र के दलनीडीह गांव में डकैतों ने एक व्यवसायी के घर हमला कर पांच लाख रूपये की संपत्ति लूट ली बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र के विष्णु चौक स्थित एक दुकान में लूटपाट के बाद अपराधियों ने उसमें आग लगा दी आग लगने से लगभग पच्चीस लाख रूपये मूल्य की संपत्ति जल कर नष्ट हो गयी दरभंगा के जिलाधिकारी त्यागराजन एसएम ने बताया है कि दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या से निजात पाने के लिए प्रभावित वार्डों में पानी के टैंकर की आपूर्ति की जा रही है खगड़िया के जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी भूपेंद्र प्रसाद यादव ने एक मामले की सुनवाई में उदासीनता बरतने के मामले में दस लोगों पर अनुशासात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा की है